बैठक में देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढते मामलों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी इसमें टीकाकरण के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा होगी पुरीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों से कहा है कि उन्हें परीक्षा से डरना नहीं बल्कि इसका उत्सव मनाना चाहिए उन्होंने अभिभावकों से कहा कि बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनंद लेने दें पहली बार वर्चुअल माध्यम से आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने तनाव और चिंता मुक्त होने के मंत्र दिए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विद्यार्थियों और अभिभावकों को परीक्षा को जीवन का आखिरी मुकाम नहीं मानना चाहिए बल्कि हमेशा अगले प्रयास में बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि समय के प्रबंध के बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करें निगम चुनाव परिणाम प्रदेश में चार नगर निगमों में कल हुए चुनाव के परिणाम देर रात घोषित कर दिए गए हैं

यहां भाजपा को दो जबकि दो सीटों पर निर्दलीय विजयी रहे हैं

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश के चार नगर निगमों के चुनाव परिणाम से जुड़ी खबरों को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है हिमाचल दस्तक की सुर्खी है कांग्रेस ने रोका सीएम जयराम का विजयरथ दैनिक जागरण का शीर्षक है चुनावी सेमीफाइनल में कांग्रेस का हाथ ऊपर अमर उजाला के शब्द हैं नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने चौंकाया सोलन पालमपुर में मिला बहमत मंडी में भाजपा का परचम दैनिक भास्कर के मुताबिक निगम का मैच भाजपा और कांग्रेस में टाई दिव्य हिमाचल ने लिखा है भाजपा को सिर्फ मंडी में बहुमत कांग्रेस ने जीता सोलन और पालमपुर का दूर्ग धर्मशाला की बाजी निर्दलीयों के हाथ जबकि आपका फैसला का शीर्षक है धर्मशाला में बीजेपी तो पालमपुर में कांग्रेस ने फहराया परचम

दैनिक जागरण ने लिखा है पौंग डैम में मरे विदेशी पक्षियों में निकला बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन